मानधन योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उठाने के लिये टीकमगढ़ के कृषि विभाग के परियोजना संचालक ने किसानों से आग्रह किया है

पंजीकृत किसानों को साठ वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह तीन हजार रूपये की राशि प्राप्त होगी इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम के बराबर की राशि शासन द्वारा कृषक के खाते में जमा कराई जायेगी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

इस बार अच्छी खबर में आप जानेंगें नरसिंहपुर जिले के केन्द्रीय जेल के बंदियों द्वारा बनाये गये दीयों पर विशेष रिपोर्ट